प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वैज्ञानिकों और देश में प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने वाले सभी लोगों की प्रयासों की सराहना की है आज राष्ट्रीय प्रोदयोगिकी दिवस के अवसर पर एक टवीट में श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्र उन सभी की प्रयासों को सलाम करता है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साधनों दवारा दूसरों की जिदंगी को सरल बना रहे है

उन्होंने कहा भारत के इतिहास में पोखरण परमाण् एक मील पत्थर है और एक कि बड़े बदलाव का प्रतीक है जो एक मजबूत राजनीमिक नेतृत्व ही ला सकता था

उन्होंने कोरोना वायरस के मुकाबले के लिए शोध कर रहे वैज्ञानिकों का धन्यवाद किया सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी राष्ट्रीय प्रौदयोगिकी दिवस के अवसर पर वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी है

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर हरियाणा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के महानिदेशक परवीन क्मार ने आज आकाशवाणी से बातचीत में हरियाणा के सभी वैज्ञानिकों को बधाई दी उन्होंने कहा कि आज पूरा विश्व कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है

प्रवक्ता ने लोगों से अपली की कि अगर उन्हें संक्रमण के कोई लक्षण दिखाई देते है तो वे इसे छ्पाने के बजाये त्रंत डाक्टर से सम्पर्क करें उन्होंने यह भी कहा कि लड़ाई संक्रमित व्यक्यिों के खिलाफ नहीं बल्कि कोविड महामाररी के खिलाफ है

उन्होंने कहा कि छुटी देने की यह नीति घर या किसी स्विधा केन्द्र में संगरोध में रखे गये मरीज़ के लिए नहीं है उधर गृहमंत्राल के प्रवक्ता ने कहा कि सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को लिखा गया है कि वे प्रवासी मज़द्रों को अपने घरों को जाने हेतु स्ड़कों व रेलवे लाइन पर चलने से मना करें केन्द्रीय गृहमंत्रालय ने रेलगाडिय़ों दवारा यात्रा करने वालो लोगों के लिए मानक संचालन विधियां जारी की है और मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि केवल उन लोगों को यात्रा करने की अन्मति दी जायेगी जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं है और जिनकी टिकट की पृष्टि हो चुकी है केन्द्रीय गृहसचिव अजय भल्ला ने कहा है कि सभी यात्रियों को रेलवे स्टेशन में प्रवेश करते समय और यात्रा के दौरान एक दूसरे से दूरी बनाये रखने के नियम का पालन करना होगा रेल मंत्रालय पहले यात्रियों की स्क्रीनिंग करेगा उन्हें स्टेशन में प्रवेश करते और बाहर जाने समय सैनेटाइज़र दिया किया जायेगा यात्रा करते समय मास्क पहनना अनिवार्य होगा

चरखी दादरी के उपाय्क्त शाम लाल प्निया के हवाले संवाददाता ने एक और मरीज़ के पोजिटिव पाये जाने की जानकारी दी है यह मरीज़ गांव गोबिंदप्रा का निवासी है

केन्द्रीय वित्तमंत्रालय ने स्प्र्ष्ट किया है कि केन्द्र सरकार दवारा अपने कर्मचारियों के मौजूदा वेतन में कटौती करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है एक टवीट में मंत्रालय ने स्पष्ट किय है कि इस सम्बधी मीडिया में आई खबरें झूठी और बेबुनियाद है कार्मिक राज्य मंत्र डॉ जितेन्द्र सिंह ने भी इन खबरों को फर्जी बताया है

अम्बाला के सिविल सर्जन डॉ क्लदीप सिंह ने बताया कि इन सभी मरीज़ों को अस्पताल से छुट्टी दी जा रही है उन्होंने बताया कि थरवा माजरी का एक युवक जो पीजीआई चंडीगढ़ में उपचाराधीन था उसकी भी दूसरी रिपोर्ट नेगीटिव आने के बाद छ्टटी दे दी गई है सिविल सर्जन ने बताया कि अम्बाला जिले में अबतक नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित एक ही भी मरीज़ नहीं बचा है

जाने से पहले उन्हें भोजनमास्क और सैनेटाइज़र भी दिया गया

उन्होंने कहा कि नये दिशा निर्देशों के मुताबिक गाड़ी में जाने वाले श्रमिकों की गिनती बढ़ाई गई है हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्यों में पहंचाने के लिए चंडीगढ़ से भेजी यह दूसरी विशेष श्रमिक रेलगाड़ी है

उन्होंने कहा कि श्रमिकों से प्रशासन द्वारा कोई किराया नहीं वसूला जा रहा

उपायुक्त ने बताया कि इन श्रमिकों में वे प्रवासी शामिल है जो गेहूं की क्टाई व अन्य कार्य के लिए पंजाब व आसपास के जिलों में विभिन्न स्थानों पर रह रहे थे इन श्रमिकों को आज अम्बाला से गई विशेष श्रमिक रेलगाड़ी से उनके गृह राज्यों में भेजा गया यमुनानगर जिले में गत दिवस चले अंधड़ व बरसात से फल व सब्जी की फसल को न्कसान पहंचा है

इसके अलावा भारी बरसात से यम्ना नदी मारकंडा सोमनदी के साथ लगते खेतों में लगाई सब्जियां खराब हो गई है